इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कल शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि ये निर्णय अपराध की रोकथाम सक्रिय उपायों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मापदंडों के आधार पर लिया गया है उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी प्रदेश पुलिस अपनी उपलब्धियों से हिमाचल को गौरवान्वित करेगी किसान सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस की राज्यस्तरीय किसान संवाद यात्रा आज मंडी में आयोजित की जाएगी ये पद यात्रा मंडी के विपाशा सदन से शुरू होकर सेरी मंच तक होगी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस मौके मौजूद रहेंगे इस अवसर पर केंद्र द्वारा पारित नए कृषि कानून से किसानों को होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा की जाएगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य कांग्रेस नेता भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे

प्रशिक्षण शिविर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र शिमला द्वारा बागवानी शोध फार्म ढांडा में शीतोष्ण फलों तथा गेहूं व जौ का वैज्ञानिक उत्पाद तकनीकी विषय पर कल एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत आयोजित इस शिविर की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्रीय केन्द्र के अध्यक्ष कल्लोल कुमार प्रामाणिक ने सभी से केन्द्र में चल रहे शोध कार्यों का लाभ उठाने का आग्रह किया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

अमर उजाला की खबर है एक दिन में लगाई दो साल की हाजिरी सचिव बीडीओ पर केस

पंजाब केसरी ने लिखा है हिमाचल में कोरोना वायरस से फिर सात लोगों की मौत

हिमाचल दस्तक ने स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल के हवाले से सुर्खी दी है रिपन केस में किसी को नहीं बचाएंगे दिव्य हिमाचल ने प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सुर्खी दी है दिव्यांगों की अंतर जिला ट्रांसफर को बनाएं कोटा हिमाचल दस्तक की एक खबर है बिल नोटिफाई करने में देरी से करोड़ों की चपत विधानसभा ने पारित किया था व्हिकल रजिस्ट्रेशन विधेयक अजीत समाचार की सुर्खी है कुल्लू के सचाणी में आग का तांडव महिला सहित दो की मौत दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कुल्लू में जंगल की आग ने छीनीं दो जिन्दगियां